राज्य के विभिन्न भागों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से अवरूद्ध सैंकड़ों सड़क मार्गों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है हिन्दुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग के शिमला से आगे अवरूद्व होने के कारण रोहड्र खड़ापत्थर समेत उपरी इलाकों का संपर्क कटा हुआ है जबकि रामपुर और रिकांगपिओ के लिए बसें बसंतपुर से भेजी जा रही हैं बर्फबारी के बाद लाहौल स्पिति ज़िले में अधिक ठंड से पाईपें जमने पर लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है

चंबा जिले में रातभर बारिश का कम जारी रहा किन्नौर व कल्लू जिलों सहित राजधानी शिमला में भी मौसम साफ बना हुआ है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

इस वर्ष का विषय है सुनहरे कल के लिए बालिकाओं का सशक्तीकरण

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि पार्टी एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में चारों सीटें हासिल करने के लिए कार्य करेगी उना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे हर ज़िले का दौरा कर संगठन में नए उर्जावान कार्यकर्ताओं को शामिल करेंगें राठौर ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता पदयात्रा कर लोगों को कांग्रेस द्वारा करवाए गए कार्यों से अवगत कराएगे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों से मंहगाई बढ़ने के देश की आर्थिकी पर लगाम लगी है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश में पिछले दिनों हुए भारी हिमपात से उत्पन्न स्थिति से जुड़ी खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में बर्फबारी से थम गई जिंदगी कई सड़कें अवरूद्व विद्युत व्यवस्था हांफी

दैनिक भास्कर का कहना है बर्फबारी के बाद शीतलहर शिमला समेत छह जिलों में तापमान माइनस में हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है बिजली पानी सड़क जल्द बहाल करो जबकि अजीत समाचार के शब्द हैं प्रदेश में सामान्य जनजीवन बहाल होने में लगेगा समय आय से अधिक संपति मामले पर पंजाब केसरी की सुर्खी है वीरभद्र प्रतिभा ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा वहीं अमर उजाला ने लिखा है वीरभद्र ने निचली कोर्ट के फैसले को दी चुनौती दैनिक जागरण के अनुसार वीरभद्र ने दायर की याचिका आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल स्वाइन फलू से निपटने को तैयार हिमाचल के एनएच हड़प गया गड़करी का महाराष्ट्र शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है गृह राज्य पर मेहरबान केंद्रीय मंत्री पीएमओ ने बिठाई जांच इसी समाचार पत्र के मुताबिक लाहौल स्पीति में महिलाएं सबसे सुरक्षित पिछले साल महिला उत्पीड़न का कोई मामला नहीं अमर उजाला ने खबर दी है हिमाचल की बहादुर बेटियों को राजपथ पर नहीं मिलेगा सम्मान जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित कुल्लू की सीमा व मुस्कान मायूस आईपीएस अधिकारियों के तबादलों पर पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है अर्जित हमीरपुर तो अजय होंगे एसपी सिरमौर एक नजर सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सभी जन एक में जातिवाद की सामाजिक बुराई से निपटने के लिए सरकार के साथ समाज के हर वर्ग को सकिय भागीदारी निभाने पर बल दिया है